केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम की घोषणा के लिए संस्थान को बधाई दी है

जेईई एडवांस दो हजार बीस के लिए कुल तैंतालीस हजार दो सौ चार उम्मीदवार सफल हुए थे इनमें छह हजार सात सौ सात युवतियां शामिल हैं इसके दो प्रश्नपत्रों के लिए एक लाख पचास हजार आठ सौ अड़तीस उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को एक मंच पर लाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पर वैश्विक रूप से चर्चा हो सकेगी

इसमें महामारी से निपटने की तैयारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समान लाभ नवाचारों के डिजिटीकरण को प्रोत्साहन सफल नवाचार के लिए समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भागीदारी जैसे विषयों पर विचार विमर्श होगा सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की योजना समावेशी विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने की है प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार भारत जल्दी ही विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में न केवल प्रमुख देश के रूप में उभरेगा बल्कि ऐसे मॉडल के रूप में भी तैयार होगा जो दुनिया को बता सके कि सामाजिक सशक्तीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाये में शेर में रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में आज सुबह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उराँव के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया गया

इस मौन सत्याग्रह में झारखण्ड प्रदेश कांप्रेस अध्यक्ष वित्त व खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश राजेश ठाकुर मानस सिन्हा संजय लाल पासवान आलोक दुबे लाल किशोरनाथ शाहदेव और कार्यक्रम प्रभारी रविन्द्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे में पर पर पर में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत सरकार देश के आदिवासियों के लिए काफी कुछ काम कर रही है

श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासियों के शिक्षा और स्वास्थ्य को साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी काफी काम हुआ उन्होंने कहा कि झारखंड में भी मधु और रेशम उद्योग पर भी जनजाति मंत्रालय काफी कुछ काम कर रहा है

वहीं नौ सौ सात मरीज ठीक हुए हैं

इसमें दस हजार नौ सौ छत्तीस सक्रिय केस हैं अबतक पचहत्तर हजार पांच सौ एकतीस मरीज ठीक हुए हैं

स्वस्थ होने के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है

वर्तमान रोगियों की तुलना में ठीक होर्ने वालों की दर छह गुना अधिक है

इसके साथ ही भारत प्रतिदिन दुनिया में सबसे अधिक जांच करने वाला देश बना हुआ है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड जांच की दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है

में के लिये जामताड़ा जिले में कोरोना का प्रसार नियंत्रित करने को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं

बुजुर्ग बच्चे बीमार और संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले स्वास्थ्यकर्मियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल अपने साप्ताहिक संबोधन रविवार संवाद में कोविड महामारी से निपटने के प्रयासों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को टीके के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की सूची इस महीने के अंत तक देने को कहा गया है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

नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे

आज दुबई में रॉयल चैलेजर्स बंगलुरू का मुकाबला डेल्ही कैपिटल्स से होगा